मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा नगर निगम बनने से सोलन पालमपुर व मंडी शहर का होगा योजनाबद्ध विकास केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार केन्द्र व प्रदेश सरकार के बजट से हर वर्ग का होगा कल्याण प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज चोटियों पर हिमपात व अन्य स्थानों पर वर्षा से तापमान में गिरावट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

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जनऔषधी केंद्रों की दवाओं का उपयोग करने का आग्रह किया है

जनऔषधी दिवस समारोह को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनऔषधी योजना से गरीबों को दवाओं की ज्यादा कीमतों से बड़ी राहत मिली है उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि जनऔषधी योजना से लोगों को न सिर्फ ईलाज कराने में मदद मिली है बल्कि युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए हैं उन्होंने बताया कि देशभर में एक हजार से अधिक जनऔषधी केंद्र महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं इस दौरान प्रधानमंत्री ने जनऔषधी योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत की

इस राशि से नवनिर्वाचित प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास कार्य करवा सकेंगे

इस परियोजना से पहाड़ी गाय के संवर्द्वन नस्ल और दूध वृद्वि में भी सहयोग मिलेगा इस दौरान वीरेंद्र कंवर ने सुन्नी में करीब अढ़ाई करोड़ रुपये से बनने वाले गौसदन का भी शिलान्यास किया डीजीपी प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कल ट्रैफिक व कानून व्यवस्था का कामकाज महिला पुलिस ही देखेगी इसका उद्ेश्य महिला पुलिस को उनकी सेवाओं के प्रति सम्मान देना है प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता में बताया कि इसके अलावा शिमला के रिज मैदान पर महिला पुलिस कर्मी परेड बाईक स्टंट और साहसिक करतब दिखाएंगी महिला दिवस इस बीच अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कल प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे राज्यस्तरीय समारोह शिमला में होगा जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर महिलाओं को संबोधित करेंगे बिजली बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला में भी इस अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने पंचायत प्रतिनिधियों से जरूरतमंदों के सहयोग की भावना से कार्य करने का आहवान किया है कांगड़ा ज़िले में सुलह क्षेत्र के नोरा में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए आयोजित सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि पंचायते ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और सरकार भी पंचायतों के विकास में भरपूर सहयोग दे रही है दूसरी ओर घुमारवीं में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने सम्मानित किया उन्होंने प्रतिनिधियों से योजनाबद्व तरीके से अपनी पंचायतों का विकास सुनिश्चित बनाने का आग्रह किया अन्राग ठाकूर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने एक शानदार बजट पेश किया है जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है

अनुराग ठाक्र ने कहा कि केंद्र सरकार हर घर नल योजना से देश के हर घर में पानी पहुंचाने का कार्य कर रही है जिसके तहत प्रदेश में भी अच्छा कार्य हो रहा है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुना करने सहित व्यापारियों के लिए राहत देने के संकल्प को लेकर निरंतर कार्य कर रही है शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी प्रशिक्षण शिविर में मौजूद रहे मारकंडा तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज लाहौल स्पिति ज़िले के त्रिलोकनाथ में स्नो फैस्टिवल में शिरक्त की उन्होंनें लोगों से जनजातीय सांस्कृतिक विरासत स्नो फैस्टिवल के माध्यम से पुर्नजीवित करने की आवश्यकता पर बल दिया बिक्रम ठाकुर परिवहन मंत्री बिक्रम ठाक्र ने कहा है कि पालमप्र नगर निगम क्षेत्र में योजनाबद्व विकास करवाना सरकार की प्राथमिकता है पालमपुर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं में उन्होंने कहा कि नगर निगम बनने से न केवल पालमप्र शहर बल्कि साथ लगते गांवों को भी व्यापक लाभ होगा

खेल मंत्री बिलासपुर ज़िले के लुहणू इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय फ्लोर बॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है

उन्होंने बताया कि प्रदेश में नई खेल नीति को जल्द अमलीजामा पहनाया जा रहा है जिसमें स्पेशल ओलम्पिक से जुड़े खेलों को अधिमान दिया जाएगा इस बीच खेल मंत्री ने सोलन ज़िले के काहला में स्थानीय युवक मंडल द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन पर विजेता व उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया

सरवीण चौधरी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की रूलेहड़ पंचायत में आज जनसमस्याएं सुनी

कांग्रेस कांग्रेस विधायक व पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया है मंडी ज़िले के बल्ह में आज पंचायत प्रतिनिधि सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रही है उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों व युवा कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटने का भी आग्रह किया

दूसरी ओर पूर्व कांग्रेस विधायक रोहित ठाकुर ने राज्य सरकार के बजट को निराशाजनक करार दिया है उन्होंने कहा कि प्रदेश की सकल घरेलू आय में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कृषि व बागवानी क्षेत्र की बजट में अनदेखी हई है मौसम प्रदेश में मौसम ने करवट ली है और ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात व अन्य भागों में वर्षा से तापमान में भारी गिरावट आई है लाहौल स्पिति ज़िले में हल्के हिमपात का क्रम आज दिनभर रूक रूक कर जारी रहा

मनाली की ऊंची चोटियों पर भी हल्के हिमपात का समाचार है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा नगर निगम बनने से सोलन पालमपुर व मंडी शहर का होगा योजनाबद्ध विकास केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार केन्द्र व प्रदेश सरकार के बजट से हर वर्ग का होगा कल्याणे